वे आज शिमला के ऐतिहासिक रिज मैदान में सामाजिक न्याय व अधिकारिता विभाग द्वारा नशे के विरूद्व शुरू किए गए विशेष अभियान के शुभारम्भ अवसर पर बोल रहे थे मुख्यमंत्री ने कहा कि समाज से नशे जैसी बुराई को मिटाने के लिए राज्य सरकार ने बहुआयामी रणनीति तैयार की है उन्होंने लोगों से अभियान को जन आन्दोलन में बदलने की अपील की और उम्मीद जताई कि एक माह तक चलने वाले इस अभियान के सकारात्मक परिणाम सामने आएंगे जयराम ठाक्र ने कहा कि सरकार ने प्रदेश में पांच नशामुक्ति केन्द्र खोलने का निर्णय भी लिया है जिनमें से एक केन्द्र आज न्यू शिमला के निजी अस्पताल में स्थापित किया गया मुख्यमंत्री ने इस मौके नशा निवारण रैली को रवाना किया और लोगों को नशे के दुष्प्रभावों के बारे में जागरूक करने के लिए पोस्टर व शिमला जिला प्रशासन द्वारा तैयार की गई प्रचार सामग्री भी जारी की शिक्षामंत्री सुरेश भारद्वाज ने नशे की बढ़ते मामलों पर चिंता जताते हुए कहा कि शिक्षा विभाग ने नशे के दुष्प्रभावों को पाठ्यक्रम में शामिल किया है सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्री राजीव सैजल ने विभाग द्वारा नशा निवारण पर चलाई जा रही विभिन्न गतिविधियों की जानकारी दी

किन्नौर के मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ पदम सिंह नेगी ने आज रिकांगपिओ में पत्रकारों से बातचीत में बताया कि अभियान को सफल बनाने के लिए सभी तैयारियां पूरी कर ली गई है

पदम सिंह नेगी ने कहा कि टीबी का ईलाज पूरी तरह संभव है और लोगों को स्वास्थ्य केंद्रों में इसकी जांच अवश्य करवानी चाहिए प्रदर्शनी केन्द्रीय सूचना व प्रसारण मंत्रालय के आउटरीच एंड कम्यूनिकेशन ब्यूरो द्वारा कल्लू के ढालपुर मैदान में गुरू नानक देव जी के जीवन और उदासियों पर आधारित डिजिटल प्रदर्शनी लगाई गई है

भू अभिलेख निदेशालय के एक प्रवक्ता ने बताया है कि सभी अभ्यर्थियों के रोल नम्बर उनके पते पर भेजे जा चुके हैं और अधिक जानकारी संबंधित उपायुक्त की वैबसाईट पर भी उपलब्ध है

हंसराज विधानसभा उपाध्यक्ष हंसराज ने युवाओं से खेलों में बढ़ चढ़कर भाग लेने का आहवान किया है चम्बा के राजनगर स्थित एक निजी स्कूल के वार्षिक समारोह में आज उन्होंने कहा कि विद्यार्थी जीवन में अनुशासन और सम्मान की भावना होना बेहद जरूरी है हंसराज ने कहा कि खेलों से युवा नशे जैसी बुराई से दूर रहते हैं और इससे वे शारीरिक व मानसिक तौर पर भी स्वस्थ रहते हैं इस अवसर पर स्कूली बच्चों ने रंगारंग सांस्कृतिक कार्यक्रम भी प्रस्तुत किया प्रतियोगिता पर्वतीय क्षेत्रों में जल संरक्षण और प्राकृतिक आपदाओं से बचाव के संबंध में लोगों को जागरूक करने के लिए चम्बा में आज एक कार्यक्रम आयोजित किया गया इसका आयोजन सूचना व प्रौद्योगिकी विभाग के सौजन्य से ग्लोबल हाइड्रो जियोलॉजिकल सॉल्यूशन संस्था द्वारा किया गया इस दौरान विभिन्न वक्ताओं ने भू जल सम्पदा रासायनिक गुणवत्ता और जल संग्रहण विषयों पर विस्तृत जानकारी दी इसके अलावा स्कूली बच्चों के लिए चित्रकला प्रतियोगिता भी आयोजित करवाई गयी मौसम प्रदेश के अधिकांश भागों में आज बादल छाए रहे जबकि जनजातीय क्षेत्रों में रूक रूक कर हिमपात हो रहा है लाहौल स्पिति किन्नौर और कुल्लू जिले की उंची चोटियों पर आज भी रूक रूक कर बर्फबारी का दौर जारी रहा कुल्लू जिला प्रशासन ने खराब मौसम व हिमपात को देखते हुए स्थानीय लोगों और पर्यटकों से उंचाई वाले स्थानों में न जाने की अपील की है एडीएम अक्षय सूद ने बताया है कि रोहतांग दर्रे में बर्फीले तूफान में फंसे लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया है

रोहतांग दर्रा इस बीच लाहौल स्पिति जिले का प्रवेश द्वार रोहतांग दर्रा आज से वाहनों की आवाजाही के लिए अधिकारिक तौर पर बंद हो गया है उपायुक्त केके सरोच ने बताया है कि सुरक्षा के दृष्टिगत मढ़ी और कोकसर में बचाव चौकियां स्थापित कर दी गई हैं